प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा सर्वेक्षण पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के दृष्टिकोण को करता है रेखांकित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नियुक्ति परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा तेरह अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएगी केन्द्र सरकार ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता दायरा दो हजार चौदह के अड़तीस प्रतिशत से बढ़कर निन्यानबे प्रतिशत से ऊपर पहुंचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों की समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शून्य सात छ का किया शुभारम्भ आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्वि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था दो हजार अट्ठारह उन्नीस में छह दशमलव आठ प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया सर्वेक्षण में दो हजार पच्चीस तक भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई है इसके लिए भारत को तेजी से प्रगति करनी होगी और सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्दि दर आठ प्रतिशत बनाये रखनी होगी सर्वक्षण में निजी निवेश रोजगार निर्यात और मांग पर आधारित विशेष रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करने की परिकल्पना को रेखांकित करता है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सर्वेक्षण में सामाजिक क्षेत्र के विकास प्रौद्योगिकी को अपनाने और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लामों को दर्शाया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देबरॉय ने राजकोषीय समेकन राजकोषीय अनुशासन और निवेश विशेषकर निजी निवेश पर आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए महत्व का स्वागत किया है और कहा कि सर्वेक्षण में अगले पांच वर्षों में आर्थिक विकास और रोजगार की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है नीति आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के साथ ही मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्वता को दर्शाता है ट्वीट में उन्होंने कहा कि निवेश को बढ़ाने के प्रयास विशेषकर निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने की सोच सही दिशा में उठाया गया कदम है भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में सचिव प्रवीण श्रीवास्तव ने संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है और संबंधित बाधाओं पर नियंत्रण पाने की दिशा उपलब्ध करायी गयी है मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यन ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की संकल्पना को हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में तेजी लाकर आठ प्रतिशत की वास्तविक विकास दर बनाए रखना है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने में निवेश प्रमुख सारथी है कांग्रेस ने आर्थिक सर्वेक्षण को देश की अर्थव्यवस्था के बारे में निराशा जताने वाला बताया है पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि यह सर्वेक्षण भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक मोर्चे पर निष्क्रिय रहने की गहरी नींद से जगाने का बहुत हल्का प्रयास मात्र है उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल का आर्थिक प्रबंधन तीन स्तरों रोजगार नहीं निवेश नहीं और यृद्धि नहीं पर आधारित है उन्होंने कहा कि यह अर्थव्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी के बड़बोलेपन को उजागर करता है वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण में वृद्धि की कोई रूप रेखा दिखाई नहीं दी एक बयान में उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के पहले खण्ड के पहले भाग के पहले वाक्य में आत्मप्रशंसा की गई है उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार आर्थिक सर्वव्नण के द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रति निराशा जता रही है

यह उनका पहला बजट होगा नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का भी यह पहला बजट है इस बीच वित्तमंत्रीने अपने कनिष्ठ सहयोगी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कल शाम आम बजट को अंतिम रूप दिया आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज लोकसभा में पेश होने वाले केन्द्रीय बजट दो हजार उन्नीस बीस पर दिनभर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा इस कार्यक्रम में हमारे यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआई आर ऑफिशियल पर सवेरे दस बजकर दस मिनट से बजट पूर्व चर्चा वित्त मंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण विशेष बजट ब्लेटिन और स्टडियो में उपस्थित प्रख्यात विशेषज्ञों से बजटपर चर्चा प्रसारित होगी

केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती के लिए परीक्षाएं अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त तेरह क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जायेंगी संसद के दोनों सदनों में इस आशय की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीमारामण ने कहा कि स्थानीय युवाओं की रोजगार संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय किया गया है

क्षेत्रीय भाषाओं में असमिया बंगाली गुजराती कन्नड़ कोंकणी मलयालम मणिपुरी मराठी उडिया पंजाबी तमिल तेलुगु और उर्दू शामिल हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अब तक नौ करोड़ बासठ लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाये जा चुके हैं लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जलशक्ति राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने बताया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निन्यानवे प्रतिशतसे अधिक स्वच्छता लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है उन्होंने कहा कि तीस राज्यों छः सौ बत्तीस जिलों ढाई लाख ग्राम पंचायतों और पांच लाख सड़सठ हजार चार सौ अन्ठानबे गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेशवासियों की समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा एक शून्य सात छ शुरू की राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में इस सेवा की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टोल फ्री हेल्प लाइन सेवा से लोगों की शिकायतों पर ज्यादा तेजी से और प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो सकेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति एक शून्य सात छह यानी दस छियत्तर नम्बर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है जो संबंधित विभाग को मेज दी जायेगी और समयबद्द तरीके से इसका निस्तारण किया जायेगा इस सेवा को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए कॉल सेन्टर की सुविधा चौबीसों घंटे मौजूद रहेगी सेवा प्रदान करने वाली कॉल सेन्टर कंपनी के प्रबंध निदेशक अमिषेक गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि शिकायतकर्ता के पास फोन करके उसकी संतुष्टि की जानकारी लेने का भी प्रावधान रहेगा

शिकायत दर्ज होने के बाद हमारे अधिकारी उसे संबंधित विभाग में भेज देते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी के पास एक समय सीमा है जिसमें उसको उस शिकायत का निराकरण डालना है जब वह निराकरण डाल देगा उसके बाद हम उस सीटिज़न से वापस बात करेंगे अगर वह संतष्ट है तो शिकायत को बंद कर दिया जायेगा अगर वह शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो उससे उच्च अधिकारी को भेजा जायेगा

हर माह होगी जैसा सीएम साहब ने खुद कहा

इस एजुकेशन हट में एलकेजी से कक्षा तीन तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जायेगी इसके साथ ही पिछले एक वर्ष से शकरपुर गांव में एजुकेशन हट द्वारा दो से अधिक बच्चों को निशुल्क ट्यूशन भी पढ़ाया जा रहा है